सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आगामी चार मई से दस जून तक होंगी

कहा नववर्ष का जश्न मनाते समय सुरक्षित दूरी और कोविड सम्बंधी नियमों का कड़ाई से पालन करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां दो हजार बीस स्वास्थ्य संबधित चुनौतियों का वर्ष था वहीं दो हजार इक्कीस में स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकलेगा उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश ने दो हजार बीस में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया उसी तरह वह दो हजार इक्कीस में भी इसमें बड़ी भूमिका निमाएगा श्री मोदी ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पेशवरों की क्षमता और सेवा के प्रति उनके उत्साह तथा व्यापक स्तर पर टीकाकरण के अनुभव के साथ भारत दनिया के सामने कोविड से निपटने के लिए एक किफायती और कृशल समाधान लेकर आएगा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुडे स्टार्टअप स्वास्थ्य समाधानों के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा अपने यहां बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से बचाये रखा है श्री मोदी ने कहा कि देश में कोरोना टीकाकरण के लिए दुनिया का सबसे व्यापक अभियान चलाने की तैयारी हो रही है कोरोना से पीडित साधियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है

वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ण तक पहुंचे इसके लिए कोशिसें अंतिम चरणों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अनियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं श्री मोदी ने कहा कि वे अब तक जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं पर जोर देते रहे हैं लेकिन दो हजार इक्कीस के लिए उनका मंत्र दवाई भी कड़ाई भी होगा कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है तेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ते लेता है इसलिए दो गज की दूरी मास्क और सोनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है नया साल हम सभी के लिए बहुत खुसियां लेकर के आए आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो अब दवाई सामने दिख रही है कुछ ही समय का सवाल है पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं लेकिन अब मैं छिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है दवाई आ गई तो सब छूट मित गई इस भ्रम में मत रहना

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एहतियाती उपायों के साथ ही आधुनिक उपचार सुविधाओं पर भी ध्यान दिया है

आप सोविए इस योजना ने गरीबों को कितनी बढ़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है कैंसर हो हार्ट की प्रॉब्लम हो किडनी की परेशानी हो अनेकों गर्भीर बीमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुफ्त कराया है और वो भी अच्छे अस्पतालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भदोही जनपद में कारपेट एक्सपो मार्ट और अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुक्ष्म लघ् एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विमाग द्वारा जनपद के कारपेट को अतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिये इस कारपेट बाजार का निर्माण किया गया है इसके माध्यम से स्थानीय उद्यमियों तथा कारोबारियों को अपने उत्पादों की बिक्री तथा प्रदर्शन की सुविधा प्राप्त होगी उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न कूटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसमें भदोही का कालीन उद्योग भी शामिल है म्ख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब तथा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद दिया और कहा कि इससे लगभग एक लाख रोजगार सुजित होंगे और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा आगामी चार मई से शुरू हो कर दस जून को समाप्त होंगी केन्द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी चार मई से प्रारंभ हो जायेगी

श्री निशंक ने बताया कि बारहवीं कक्षा की प्रेकटिकल परीक्षाएं पहली मार्च दो हजार इक्कीस से शुरू होंगी श्री निशंक ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच छात्रों की लगातार मदद जारी रखने के लिए अभिमावकों और शिक्षकों की सराहना की शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से बिना किसी तनाव के परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जूटें वक्त भी हमारे पास है और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में तीस प्रतिशत पाठ्यक्रम को अपना कम किया है हम लगातार आपके साथ संवाद में हैं

केन्द्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा शिक्षण के लिए विमिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बीच सरकार ने जेईई और एनईईटी की परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित कीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में किसान कल्याण मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान कल्याण तथा कृषकों की आमदनी दोग्ना करने का यह अभियान आगामी छः जनवरी से प्रारम्म होगा इसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड पर कृषि किसान कल्याण पर केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाए मुख्यमंत्री कल अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विमिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि अधिनियमों की जानकारी एवं उनके लाभ के बारे में किसानों को जागरूक किया जाये बैठक के दौरान मृख्यमंत्री ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने नगरीय इलाकों में स्मार्ट सिटी तथा अमृत योजना के तहत कराये जा रहे कार्यो को तेजी से पूरा कराने और गो आश्रय स्थलों पर समी आवश्यक व्यवस्था स्निश्चित कराने के निर्देश दिये राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव वर्ष दो हजार इक्कीस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक श्भकामनाएं देते हए उनके मंगलमय रोगमुक्त एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि नव वर्ष समी के लिये सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो एक श्भकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिये गंभीरता से कार्य कर रही है श्री योगी ने राज्य के लोगों से नववर्ष का जश्न मनाते समय सुरक्षित दूरी और कोविड सम्बंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नववर्ष का कोई भी समारोह सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिक्षक की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे में कोरोना से संक्रमित नौ सौ इकहत्तर नये मामले सामने आये हैं अब राज्य में चौदह हजार दो सौ साठ कोरोना के सक्रिय मामले हैं

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड के नये संक्रमण से लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है वैक्सीन के संबंध में सभी तैयारियां की जा रही है